मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि दुष्कर्म के आरोपियों को जल्द से जल्द फासी दिलाने के प्रयास किये जायेंगे ग्रीष्मकालीन मूंग के लिए आठ सौ रूपये प्रति क्विंटल की दर से प्रोत्साहन राशि निर्घारित

संबल योजना सरल बिजली बिल योजना और मुख्यमंत्री बकाया बिजली बिल माफी योजना की कल से पूरे प्रदेश में लागू हो गयी है मुख्य कार्यकम भोपाल के करोंद क्षेत्र में आयोजित किया गया यहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने योजना की शुरूआत की इस दौरान श्री चौहान ने कहा कि इस योजना के तहत पंजीकृत लोगों को दौ सौ रूपये प्रतिमाह की दर से बिजली उपलब्ध कराई जायेगी उन्होंने कहा है कि प्रदेश में गरीबों के लिये हर वर्ष दस लाख मकानों का निर्माण किया जायेगा और सरकार उनका मुफ्त इलाज करायेगी श्री चौहान ने इस अवसर पर किसानों पर दर्ज बिजली संबंधी प्रकरण और गरीबों के खिलाफ दर्ज बिजली चोरी के मामले वापिस लिये जाने की घोषणा की इस योजना में पांच हजार एक सौ उनहत्तर करोड़ रूपये के बकाया बिजली बिल माफ किये जायेंगे योजना के क्रियान्वयन के लिये प्रदेश के अलग अलग जिलों में कार्यक्रम आयोजित किये गये रीवा में आयोजित कार्यक्रम में उद्योग मंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने सरल बिजली बिल स्कीम और मुख्यमंत्री बकाया बिजली बिल माफी स्कीम का शुभारंभ किया

कार्यक्रम में श्री शुक्ल ने कहा कि भारी भरकम बिजली के बिल भरना गरीबो के लिए कठिन था

कार्यक्रम में भोपाल से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के संबोधन का सीधा प्रसारण किया गया खंडवा के हरसूद में आयोजित कार्यक्रम में स्कूल शिक्षामंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह शामिल हुए इस दौरान श्री शाह ने कहा कि यह योजना गरीबों के लिए वरदान साबित होगी जिले में गरीब परिवारों के लगभग सत्तर करोड़ रूपये के बिजली बिल माफ किये जायेंगे उधर खरगोन में आयोजित कार्यक्रम में कृषि राज्यमंत्री बालकृष्ण पाटीदार ने योजना के लाभान्वित बिजली उपभोक्ताओं को प्रमाण पत्र वितरित किये नरसिंहपुर के पीजी कॉलेज में हुए कार्यक्रम में मुख्यमंत्री बिजली बिल माफी योजना की शुरूआत हुई इस दौरान भोपाल में आयोजित मुख्य कार्यकम का सजीव प्रसारण किया गया भिंड से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले के गोहद में आयोजित कार्यक्रम में नर्मदा घाटी राज्यमंत्री लालसिंह आर्य ने योजना की शुरूआत की इसके अलावा भी प्रदेश के कई जिलों से योजना के शुभारंभ कार्यक्रम आयोजित किये जाने के समाचार मिले हैं सीएम निर्देश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पिछले दिनों प्रदेश में बेटियों के साथ हुई घटनाओं पर गहरी चिंता व्यक्त की है कल मुख्य सचिव पुलिस महानिदेशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में उन्होंने ऐसी घटनाओं को गम्भीरता से लेते हुए वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देशित किया है कि दुष्कर्म के दोषियों को फाँसी की सजा दिलाने के पूरे प्रयास करें उन्होंने कहा कि मंदसौर और सतना की घटनाओं की शीघ्र विवेचना पूरी कर चालान प्रस्तुत किया जाए दुष्कर्म के आरोपियों को नरपिशाच बताते हुए श्री चौहान ने कहा कि ऐसे अपराधियों की समाज में कोई जगह नही हैं व्हाट्स ऐप केन्द्र ने पीट पीट कर हत्या की हाल की घटनाओं को देखते हुए व्हाट्स ऐप को फर्जी प्रायोजित और सनसनी फैलाने वाले संदेशों पर तुरन्त रोक लगाने का निर्देश दिया है सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि व्हाट्स ऐप जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जवाब देही से बच नहीं सकते विशेष रूप से जब कुछ उपद्रवी तत्व हिंसा फैलाने की मंशा से अच्छे प्रौद्योगिकी आविष्कारों का दुरूपयोग कर रहे हैं मंत्रालय ने इस पर रोक के लिए व्हाट्स ऐप से तूरन्त कार्रवाई करने और यह सुनिश्चित करने को कहा है कि अनुचित गतिविधियों के लिए इस माध्यम का इस्तेमाल न हो

ग्रीष्मकालीन मूंग की दर कृषि उपज मंडियों में पिछले एक महीने की औसत दरों के आधार पर तय की गई है ग्रीष्मकालीन उड़द के लिये प्रोत्साहन राशि बिक्री अवधि के दौरान या बाद में निर्धारित की जायेगी

सीएम समीक्षा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जनता को सुशासन देना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है श्री चौहान कल भोपाल में समाधान ऑनलाइन के दौरान समाधान एक दिन और लोक सेवा प्रदाय गारंटी अधिनियम के अंतर्गत हुई कार्यवाही की समीक्षा कर रहे थे श्री चौहान ने कहा कि अधिकारी जनता की समस्याओं को गंभीरता से लेते हये उसी दिन निराकरण करने का प्रयास करें

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि लोक सेवा प्रदाय गारंटी अधिनियम के तहत जनता को समय पर सेवायें नहीं उपलब्ध कराने वाले अधिकारियों पर जुर्माना लगाया जाये उन्होंने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों को बधाई और प्रशस्ति पत्र दिये साथ ही कमजोर प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों को प्रदर्शन सुधारने के निर्देश दिये

बैठक में राजस्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता भी शामिल हुए बैठक के बाद श्री भार्गव ने कहा कि मनरेगा के माध्यम से ग्रामीण अंचल में अनेक परिसम्पत्तियों का निर्माण कराया जाता है इन कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण ग्रामीणों द्वारा ही कराया जाना चाहिये

यह समूह एक सप्ताह में सम्पत्तियों और कार्यों का भौतिक सत्यापन कर अपनी रिपोर्ट ग्राम सभा को सौंपे ग्राम सभा में इस रिपोर्ट का ग्रामीणों के समक्ष वाचन किया जायेगा जिन कार्यों में कमी पाई जायेगी उसकी जिम्मेदारी निर्धारित कर संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई प्रस्तावित की जायेगी प्रत्येक ग्राम सभा में जिला कलेक्टर का एक प्रतिनिधि भी उपस्थित रहेगा

उच्च शिक्षा विभाग ने इस संबंध में सभी शासकीय महाविद्यालय के प्राचार्यों को एक परिपत्र जारी किया है

खेलमंत्री खेल और युवा कल्याण मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया से कल यहाँ जकार्ता में पिछले दिनों आयोजित एशियन सेलिंग चैम्पियनशिप में देश को कांस्य पदक दिलाने वाली मध्यप्रदेश वाटर स्पोर्टर्स अकादमी के खिलाड़ियों ने मुलाकात की खेल मंत्री ने वाटर स्पोर्टर्स अकादमियों के खिलाड़ियों द्वारा एशियन सेलिंग चैम्पियनशिप और एशियन जूनियर रोइंग चैम्पियनशिप में किए गए शानदार प्रदर्शन की सराहना करते हुए पदक विजेता खिलाड़ियों को बधाई दी